हरियाणा के सभी संसदीय क्षेत्रों में व्यय पर्यवेक्षक द्वारा च्नाव खर्चे का निरीक्षण किया गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में फिर से नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी तो किसानों के ब्याज म्क्त ऋण दिया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने उन समाचारों का खंडन किया है कि जिनमें कहा गया था कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों की पड़ताल कर कमेटी के अध्यक्ष एस ए बोबडे के साथ किसी और न्यायधीशों ने मुलाकात की हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा है कि लोकसभा आम च्नाव में वोट किसी को भी दें लेकिन मतदान जरूर करें मतदान लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है और हमारे अधिकारों के लिए एक मजबूत अधिकार है श्री रंजन आज जीटी रोड पर सोनीपत के भिगान गांव के पास स्थित टोल प्लाजा पर जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई छबील में पानी पिलाते हुए मतदाताओं से यह अपील कर रहे थे उनके साथ उपाय्क्त डा शालीन अतिरिक्त उपाय्क्त जयबीर सिंह आर्य एसडीएम गन्नौर स्रेंद्र पाल डीआरओ ब्रह्मप्रकाश अहलावत भी मौजूद थे

उन्होंने कहा कि मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह एक नई पहल की है

पंचकृला में जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार सिंह ने टोल प्लाजा पर आने जाने वाले नागरिकों को पानी पिलाकर वोट का प्रयोग करने का आहवान किया जिला हाउसिंग बोर्ड के चौंक व मौली चौंकी पर भी स्वीप कार्यक्रम के लोगों को ठंडा जल पिलाकर उन्हें मताधिकार के प्रति सचेत किया गया

सिरसा मार्केट कमेटी कार्यालय के निकट वोट छवील कार्यक्रम के तहत लोगों को मीठा जल पिलाया गया और अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित किया

चुनाव कार्यालय द्वारा शहर में लगाई गई वोट छबीलों पर नागरिकों को पानी पी कर गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ अपने मत का प्रयोग करने का संदेश भी मिला फतेहाबाद में लोगों को मतदान के लिए जागरुक करने को लेकर आज सामाजिक संस्थाओं निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलकर शहर के नए बस स्टैंड पर मीठे पानी की छबील लगाई गई जिस गिलास में लोगों को मीठा पानी पिलाया गया उसके ऊपर निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान को लेकर क्छ स्लोगन लिखे गए थे

हरियाणा के सभी सांसदीय क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षक द्वारा पूरे चुनाव का निरीक्षण किया गया इसी के तहत पंचकूला के पी डब्ल् डी के रेस्ट हाउस में सभी गठित टीमों से बातचीत की यही पर चुनाव उम्मीदवार को भी व्यय का ब्यौरा लिया गया उसकी चैकिंग की गई

च्नाव आयोग का खर्च सीमा तय करने का उद्देश्य सभी उम्मीदवारों को एक समान खर्च करने के लिए बाधित करने है वहीं पैसे के द्रुपयोग को भी रोकना है उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज के आधार पर खर्चा दिखाया जा रहा है जिससे कि कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से अधिक खर्च न करे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा पानीपत में आयोजित रैली में अमित शाह ने मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यो का उल्लेख किया इसके साथ ही उन्होंनें कांग्रेस और इनेलो की जमकर आलोचना की

अमित शाह ने विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते ह्ए कांग्रेस अध्यक्ष राह्ल गांधी तृणमूल कांग्रेस प्रधान व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अन्य विपक्षी नेताओं पर जमकर राजनैतिक हमला किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस व विपक्षी दल घ्सपैठियों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इससे पहले उन्होंने सोनीपत में रैली को संबोधित किया पानीपत की अनाजमंडी में आयोजित रैली में अमित शाह ने सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल को उनके जन्मदिन की बधाई और श्भकामनाएं दीं उन्होंने मनोहरलाल की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया आम कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद और उदाहरण हैं उन्होंने पानीपत के एितहासिक महत्व का उल्लेख किया

पर्यावरण संरक्षण का सन्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रांगण में त्रिवेणी भी लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया में आये उन समाचारों से इन्कार किया जिनमें कहा गया था कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई पर लगे आरोपो की पड़ताल कर रही है सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के अध्यक्ष न्यायधीश एस ए बोबडे के साथ द्सरे अन्य न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रच्ड़ ने कोई मुलकात की है सर्वोच्च न्यायालय ने बयान जारी करते हये स्पष्ट किया कि इस बारे फैलाई गई खबरें प्री तरह बेब्नियाद है सर्वोच्च न्यायालय के महा सचिव दवारा जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपो की पड़ताल कर रही कमेटी स्वंय जांच कर रही है इसमें कोई भी और न्यायधीश शामिल नहीं है गौरतलब है िक मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई पर लगाये गये आरोपों की पड़ताल कर रही कमेटी मे कमेटी के प्रधानमंत्री जस्टिस बोबडे के अलावा दो महिला जज न्यायधीश इंद् मलहोत्रा और न्यायधीश इंद्रा बैनेर्जी भी शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ओड़िसा में आये फानी तूफान से प्रभावित सहायता करने का भरोसा दिलाया है

इसी दौरान तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य प्रे ज़ोरो से चल रहा है नेवी के हेलीकप्टरर्स दवारा प्री और इसके आस पास खाद्य पदार्थो के पैकेट गिराये जा रहे है लोगों के लिये सामूहिक रसोईयों का प्रंबध किया गया है भारतीय वायुसो के दो विमान भ्वनेश्वर मे मेडिकल स्विधायें देने के लिये लगाए गये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की टीमें केन्द्रापाड़ा कटक जाजप्र और अन्य प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुटी है